विधानसभा का अगला सत्र पच्चीस अगस्त से शुरू होगा प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के सभी विषयों की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कल मनाया जाएगा ईद उल अजहा का त्यौहार राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं केंद्रीय मंत्री पत्रकारवार्ता केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि व्यावसायिक कोयला खनन की शुरूआत के साथ छत्तीसगढ़ में प्रगति और विकास का एक नया दौर शुरू होगा व्यावसायिक कोयला खनन के आवंटन के लिए प्रस्तावित कोयला खदानों से राज्य को एक साल में कम से कम चार हजार चार सौ करोड़ रूपये का राजस्व और दो हजार करोड़ रूपये का न्यूनतम प्रीमियम प्राप्त होगा साथ ही राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे इसके अलावा डीएमएफ मद में भी हर साल पच्चीस करोड़ रूपये मिलेंगे जिसका उपयोग समावेशी विकास में किया जाएगा श्री जोशी आज रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के व्यावसायिक कोयला खनन के लिए प्रस्तावित आवंटन में राज्य की पांच कोयला खदानों के स्थान पर तीन अन्य खदानों को शामिल करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है वर्तमान में छत्तीसगढ़ की नौ कोयला खदानें व्यावसायिक कोयला खनन के तहत आवंटन के लिए प्रस्तावित है मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल छत्तीसगढ़ सरकार और एमएएचएजीईएनसीओ के अधिकारियों वाली एक समिति से पंद्रह दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड की एक रेलवे लाइन को शिफ्ट करने का प्रस्ताव लिया जाएगा साथ ही सीएम पीडीआई और छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी एक महीने के भीतर खनन की गई जमीन पर फ्लाई एश डम्प करने का एक प्रस्ताव देंगे इसके अलावा कोयले के फूटकर ग्राहकों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य एक नोडल एजेंसी भी गठित करेगा केंद्रीय मंत्री समीक्षा इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एसईसीएल के उच्च अधिकारियों के साथ कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करने के साथ ही कोयला निकासी से जुड़े मुद्दों पर रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान श्री जोशी ने राज्य के स्पंज आयरन और स्टील उद्योगों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की और इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय ली इससे पहले कल रात केंद्रीय कोयला मंत्री से कोरबा की सांसद ज्योत्सना महंत और राजस्व मंत्री जयसिंग अग्रवाल ने सौजन्य मुलाकात की इस दौरान श्रीमती महंत ने कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में एसईसीएल द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी देने की ओर केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया

इस सत्र में कुल चार बैठकें होंगी विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि यह सत्र पच्चीस अगस्त से शुरू होगा जो अट्ठाईस अगस्त तक चलेगा इस सत्र में वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे

राजधानी रायपुर में आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले के दस कर्मचारी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं सभी कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है बंगले को सील कर दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव और उनके विशेष सहायक समेत पीएसओ की रिपोर्ट निगेटिव आई है हालांकि एहतियातन सभी क्वारेंटाइन में चले गए हैं वहीं नवा रायपुर स्थित मंत्रालय के पांच कर्मचारी भी कोरोना पॉजीटिव मिले हैं जिसके चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने तीन अगस्त तक मंत्रालय और इंद्रावती भवन को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है इसी तरह कोरोना कमांड सेंटर के दो अलग अलग विंग के अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं उधर कोरिया जिले की मनेन्द्रगढ़ उप जेल में जेल प्रहरी समेत आठ लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है सभी लोगों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है इधर दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कचांदूर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल परिसर को कोविड केयर सेंटर बनाया है जो आज से शुरू हो गया है सीएमएचओ डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस कोविड सेंटर में धमधा क्षेत्र के दो कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती कराया गया है वहीं महासमुंद जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निःशुल्क कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है बागबाहरा विकासखंड में अब तक पांच सौ से अधिक कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं जिसमें से अधिकांश लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है

इनमें एक महारानी अस्पताल के एक्स रे विभाग का कर्मचारी है और दूसरा स्टोर कीपर है वहीं स्टोर कीपर के परिवार के दो सदस्यों की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई है गौरतलब है कि प्रदेश में कल रात तक कुल आठ हजार आठ सौ छप्पन कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई हैं जिनमें से पांच हजार नौ सौ इक्कीस मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं वहीं दो हजार आठ सौ चौरासी मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है जबकि इंक्यावन मरीजों की मौत हो चुकी है लॉकडाउन बस्तर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में आज सुबह ग्यारह बजे से लॉकडाउन लागू हो गया है यह लॉकडाउन आगामी छह अगस्त की रात्रि बारह बजे तक रहेगा इस दौरान सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है उधर महासमुंद जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर और अब अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने आज अपील जारी कर कहा कि लोग मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करें तथा बाहर से आने वाले लोगों की सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग को दें आयुष काढा महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत बोड़ला में आयुष काढ़ा चूर्ण वितरण कार्यक्रम का श्भारंभ किया इस मौके पर श्रीमती भेंडिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को आयुष काढ़ा से काफी मदद मिलेगी वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि रोग प्रतिरक्षा के विकास में आयुष काढ़ा चूर्ण मददगार साबित होगा इसके सेवन से कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के संक्रमण से बचा जा सकता है

इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है इसके तहत यूजीसी द्वारा जारी निर्देश के पालन में विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजने का निर्णय लिया गया है यह निर्णय कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया है उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि प्रश्नों के उत्तर घर पर ही लिखने की समय सीमा के साथ उत्तर भेजने की अंतिम तिथि निर्धारित की जाए निर्धारित अंतिम तिथि तक विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन या परीक्षा केन्द्र पर स्पीड पोस्ट से भेजने का विकल्प दिया जाए स्कूली शिक्षा प्रवेश राज्य सरकार ने स्कूलों के शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस के प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है प्रवासी मजदूरों के बच्चों को भी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा कक्षा ग्यारहवीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के लिए प्रवेश की प्रक्रिया आगामी पंद्रह अगस्त तक पूर्ण करने को कहा गया है कक्षा ग्यारहवी में प्रवेश के लिए निःशुल्क फॉर्म स्कूलों के काउंटरों पर इकतीस अगस्त तक उपलब्ध रहेंगे फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि भी इकतीस अगस्त निर्धारित की गई है स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं निर्देश में कहा गया है कि संचालक लोक शिक्षण प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश छात्रवृत्ति मध्यान्ह भोजन निःशुल्क साइकिल वितरण सहित अन्य योजनाओं का लाभ पात्रता के अनुसार विद्यार्थियों को घर पर ही उपलब्ध कराएं गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष राज्य शासन द्वारा कक्षा दसवीं और बारहवीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया गया है कक्षा पहली से आठवीं और कक्षा ग्यारहवीं के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रवेश दे दिया जाएगा इसके लिए विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी रेल इंजन चार मालगाड़ियों को जोड़कर सुपर पायथन ट्रेन के ट्रायल के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में मालवाहक रेल इंजन का पहली बार वाणिज्यिक परिवहन शुरू हुआ यह रेल इंजन नागपुर मंडल के स्टेशन से रवाना होकर भिलाई रेलवे स्टेशन पहुंचा देश में ही बने अब तक के सबसे शक्तिशाली बारह हजार एचपी क्षमता के मालवाहक रेल इंजन का उपयोग मालगाड़ियों के संचालन के लिए होगा इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री और एक अन्य निजी कंपनी के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है इसे बनाने के साथ ही भारत दस हजार हॉर्स पावर वाले इंजन उत्पादन की तकनीक वाला दुनिया का छठवां देश बन गया है गौरतलब है कि इससे पहले नागपुर से दुर्ग तक चौबीस एलएचबी कोच वाली एक सौ तीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसका ट्रायल किया गया था इस गाड़ी के चलने से नागपुर से राजनांदगांव पहुंचने में एक घंटे का समय बचेगा

कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी डाक विभाग ने राखियों को तय समय में गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं इसके लिए बिलासपुर डिवीजन के डाकघर में एक स्पेशल गाड़ी चलाई जा रही है जो बिलासपुर रायपुर और नागपुर के बीच चल रही है यह गाड़ी क्षेत्र के डाकघरों में राखियों को पहुंचाने का काम कर रही है वहीं बिलासपुर में डाक विभाग ने चार स्थानों पर राखी संग्रहण के लिए पीली पेटियां लगाई हैं

इस साल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने लोगों से ईद घरों में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए मनाने की अपील की है इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने भी एक पत्र जारी कर ईद का त्यौहार सादगी से मनाए जाने की अपील की है वक्फ बोर्ड के पत्र के अनुसार इस बार ईद पर ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी वहीं फजर के तुरंत बाद ईद उल अजहा अदा कर ली जाएगी मस्जिदों में मुतवल्ली समेत अधिकतम पांच लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाजत होगी इस बार ईद मिलन के कार्यक्रम नहीं होंगे राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईद उल अजहा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुबारकबाद दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ईद उल अजहा का त्यौहार बलिदानी और संस्कारवान बनने के साथ ही समर्पण की सीख देता है वहीं मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग और बचाव के उपायों का पालन करते हुए पर्व को मनाने की अपील की है इस बीच राज्य सरकार ने ईद और रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन वाले इलाकों में कल सुबह छह बजे से दस बजे तक किराने की दुकान खुली रखने के निर्देश जारी किए हैं यह आदेश उन सभी क्षेत्रों पर लागू होगा जहां वर्तमान में जिला कलेक्टरों द्वारा आगामी छह अगस्त तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है इस दौरान लोगों को मास्क और सोशल डिस्टिंसिंग सहित राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा महतारी एक्सप्रेस प्रदेश में एक सौ दो महतारी एक्सप्रेस सेवा का संचालन जारी रहेगा इस सेवा का संचालन करने वाली संस्था जीवीके ईएमआरआई ने आगे भी इसके संचालन की सहमति दे दी है निविदा के माध्यम से महतारी एक्सप्रेस के संचालन के लिए नई संस्था के चयन तक पूर्व में निर्धारित दर और शर्तों के अनुसार इस संस्था की सेवा अवधि बढ़ाई गई है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नई संस्था के चयन के लिए निविदा की कार्रवाई जारी है राशि गबन गिरफ्तार बलरामपुर जिले के वाइफनगर विकासखंड के तहत ग्राम पंचायत हरिगवां की महिला सरपंच को शौचालय निर्माण की राशि के गबन के मामले में रघुनाथ नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है इस मामले में उप सरपंच और सचिव को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ग्राम पंचायत हरिगवां और बलंगीर के ग्रामीणों ने सरपंच उप सरपंच और संचिव के खिलाफ शौचालय निर्माण सहित अन्य कार्यो की राशि का गबन करने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी इस पर जिला पंचायत सीईओ ने जांच टीम गठित की थी

इसके बाद जनपद पंचायत के सीईओ ने सभी आरोपियों के खिलाफ रघुनाथ नगर इलाके में एफआईआर दर्ज कराई थी फेकल्टी डेव्हल्पमेंट प्रोग्राम गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि उच्च शिक्षा में आने वाली चुनौतियों के लिए प्राध्यापक खुद को तैयार करें और विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दें

तबादला राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों के विभाग में फेरबदल किया है डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी को ग्रामोद्योग और वाणिज्य कर विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है वहीं टीसी महावर को दुर्ग संभाग का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है जबकि मोहम्मद कैसर हक को ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव और प्रबंध संचालक विद्युत वितरण कंपनी के साथ साथ पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का विशेष सचिव तथा मनरेगा में कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है

इसके तहत बच्चों को एक पदक और एक लाख रूपये के साथ प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे कोरिया जिले के बैकुंठपुर नगर पालिका में होने वाले चुनाव के लिए परिसीमन की कार्यवाही आगामी बाईस अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत रिक्त पदों पर मर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू आगामी तेरह और चौदह अगस्त को होगा रायगढ़ पुलिस ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ इस रक्षाबंधन एक रक्षासूत्र मास्क जन जागरूकता महाभियान में भाग लेने की अपील की है